संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करेंगे बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे

इसका उद्देश्य संविधान में वर्णित मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति लोगों को जागरुक करना है और सभी भारतीयों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सही भूमिका के प्रति प्रेरित करना है इधर संविधान दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित होगा इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे

इसी कड़ी में किन्नौर जिले की राजकीय उच्च पाठशाला पानवी में कल गृह रक्षा वाहिनी द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया गृह रक्षा वाहिनी के पलाटून कमांडर मुकेश नेगी ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आहवान किया वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खंवागी पंचायत में नशा निवारण को लेकर एक शिविर लगाया जिसमें लोगों को नशे के द्वष्प्रभावों के बारे मे जानकरी दी गई हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अभिभावकों व अध्यापकों से बच्चों का सही मार्ग दर्शन करने और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में अपना योगदान देने का आहवान किया है वे कल चंबा ज़िले में चूराह क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झज्जा कोठी के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे हंसराज ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया कडा एकत्रीकरण हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कूड़ा एकत्रिकरण योजना को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का आहवान किया है हमीरपुर में ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जो परिवार व परिसर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आ पाए है उन्हें जल्द इससे जोड़ा जाए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने गुड़िया प्रकरण में सूरज हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूरज लॉकअप हत्याकांड में आरोपी आईजी जैदी एसपी नेगी डीएसपी जोशी बहाल पंजाब केसरी का शीर्षक है जैदी नेगी जोशी की सेवाएं बहाल सरकार ने रद्द किया निलंबन दैनिक जागरण के शब्द हैं सूरज हत्याकांड में आरोपित पूर्व आईजी एसपी व डीएसपी बहाल दैनिक भास्कर के मुताबिक सरकार ने सूरज हत्याकांड में फंसे आईजी जहूर जैदी नेगी और मनोज की सेवाएं बहाल की जबकि अजीत समाचार लिखता है सूरज हत्याकांड में तीन पुलिस अधिकारी बहाल

वहीं आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है भाजपा की चार्जशीट पर जांच होगी पूर्व कांग्रेस सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से काम किया हिमाचल दस्तक की एक खबर है पीडब्ल्यूडी आईपीएच में अब खत्म होगा कमीशन का खेल ई टेंडर के बाद भुगतान तक की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी ज्वालाजी मंदिर में बनेगी मां शेरांवाली की विशाल मूर्ति चिंतपूर्णी से भी दिखेगी मंदिर के जीर्णोद्वार के लिये ट्रस्ट ने लिये अहम फैसले अमर उजाला की खबर है